राज्यपाल आनंदी पटेल बेन ने कल रक्षाबंधन के पर्व पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित पांच सौ लोगों को बांधी राखी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनआशीर्वाद यात्रा आज अलीराजपुर पहुॅ चेगी

कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में भाषा कौशल उन्नयन पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों को पढ़ने समझने की रुचि विकसित करने और सह शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के बहु आयामी विकास को बढावा देना है कार्यक्रम में लगभग ढाई लाख व्यक्ति सहभागिता करेंगे कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले व्यक्ति शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शाला में जाकर बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के साथ अन्य रुचिकर पुस्तकें पढ़ने के लिये प्रेरित करेंगे एक बार से अधिक उपस्थित होने वाले वॉलेंटियर्स शनिवार को स्कूल की साप्ताहिक बाल सभा के दौरान शैक्षिक गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नारी शक्ति की रक्षा के लिये सरकार अपराध संशोधन विधेयक लायी है इसके जरिये दुष्कर्म के दोषियों को कम से कम दस साल और बच्चियों से द्वष्कर्म के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान है श्री मोदी कल आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा कर रहे थे उन्होंने मध्यप्रदेश में दुष्कर्म के कई मामलों में बहुत कम समय में आये फैसलों का भी जिक किया प्रधानमंत्री ने संसद के मानसून सत्र को उत्पादकता के लिहाज से उल्लेखनीय बताया श्री मोदी ने कहा कि पिछले दिनों कृष्ठ जगह जरूरत से ज्यादा बारिश हई है उसमें केरल राज्य में बारिश और बाढ़ से जान माले का बड़ा नुकसान हुआ है और कई परिवारों ने अपनों को खोया है उन्होंने कहा कि मैं पीड़ितों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि देश आपके साथ खडा है श्री मोदी ने सशस्त्र बलों और एनडीआरएफ के जवानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने संकट के क्षणों में अपनी अहम भूमिका निभायी है प्रधानमंत्री ने जकार्ता में चल रहे एशियन गेम्स में देश के लिये मैडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि शूटिंग में तो हम पहले ही आगे थे लेकिन बुशू और रोइंग जैसे खेलों में भी पदक आ रहे है इनमें भी बेटियों के साथ साथ छोटे शहरों के युवा भी शामिल है

राज्यपाल ने सभी को रक्षाबंधन की बधाई और शुभकामनाएं भी दीं राज्यपाल ने भोपाल स्थित थलसेना के द्रोणाचल सेंटर में निवासरत सैनिकों को भी राखी भेजी राज्यपाल ने मुख्यमंत्री निवास जाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधी

राज्यपाल से राखी बंधवाने राजभवन आने वालों में आशानिकेतन के मूक बधिर और मानसिक दिव्यांग बच्चे महिलाबाल विकास विभाग के सुधारगुह की महिलाए आरूषि संस्था के दिव्यांग बच्चे एसओएस बालग्राम के दिव्यांग बच्चे बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं बालनिकेतन के बच्चे और राजभवन पुलिस बैरिक के जवान शामिल रहे राज्यपाल श्रीमती पटेल ने रक्षाबंधन के अवसर पर राजभवन की राखी प्रतियोगिता के विजेता छात्र छात्राओं को भी पुरस्कार वितरित किये

बाद में मुख्यमंत्री अपनी जनआशीर्वाद यात्रा लेकर अलीराजपुर से आंबुआ जोबट उदयगढ़ जायेंगे और यहां जनआशीर्वाद लेकर शाम को झाबुआ जिले में प्रवेश करेंगे लोकार्पण जन सम्पर्क जल संसाधन मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र ने कल दतिया जिले के उपरांय गांव में एक करोड़ की लागत से निर्मित हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन का लोकार्पण किया डॉ मिश्र ने कहा कि इस क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता में शामिल है बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिले इसके लिये संसाधन भी जरूरी हैं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना गरीबों के कल्याण के लिये प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण योजना है इस दौरान उन्होंने जन समुदाय को विस्तार से इस योजना की जानकारी दी मंत्री दौरा प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास मंत्री मायासिंह ने कहा है कि बारिश के मौसम में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्य हो ये हमारी जवाबदारी है कहीं पर भी लीकेज या अन्य कारणों से पीने का पानी दूषित नहीं होना चाहिए

उन्होंने अस्पताल में भर्ती मेरीजों को बारे में डॉक्टरों से चर्चा की और निर्देश दिये कि भर्ती लोगों के उपचार में कोई कोताही न बरती जाये

निरीक्षण के दौरान नगरीय विकास मंत्री उन्होंने नगर निगम आयुक्त को निर्देशित किया कि पूरे क्षेत्र में अभियान चलाकर पेयजल लाइन की लीकेजों को ठीक कराया जाये एशियन खेल जकार्ता एशियन गेम्स में मध्यप्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी जबलपुर की खिलाड़ी मुस्कान किरार ने वूमेन कम्पाउंड टीम इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को फाइनल में जगह दिलान में कामयाबी हासिल की

एशियन गेम्स में तीरंदाजी का शानदार प्रदर्शन कर भारत को फाइनल में पहुंचाकर देश और मध्यप्रदेश का गौरव बढ़ाने वाली राज्य तीरंदाजी अकादमी की मुस्कान किरार को खेल युवा कल्याणमंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बघाई और शुभकामनाएं दी हैं संचालक खेल और युवा कल्याण डॉ एस एल थाउसेन ने भी मुस्कान के शानदार प्रदर्शन की सराहना की है

इसे देखते हुए टैंकर में पानी एवं अमोनिया का छिड़काव किया गया है